प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से अमित शाह गांधी नगर से राजनाथ सिंह लखनऊ से और श्री नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे चुनाव स्मृति ईरानी को अमेठी से बनाया गया उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया ने स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की मतदान खत्म होने के अड़तालिस घंटे पहले सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार की इजाजत नहीं होगी प्रदेश भर में हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया रंगों का त्योंहार होली भारत ने अब्धाबी में कल रात सम्पन्न हुए विशेष ओलिम्पिक खेलों में पचासी स्वर्ण समेत तीन सौ अड़सठ पदक जीते

पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और नितिन गडकरी नागपुर से फिर चुनाव लड़ेंगे जबकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से स्मृति इरानी को उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कल बीस राज्यो से एक सौ चौरासी उम्मीदवारों की पहली सुची जारी कर दी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधी नगर से चुनाव लड़ेंगे इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ जी चुनाव लड़ेगे और नागपुर से श्री नितिन भाई गडकरी जी वह चुनाव लड़ेंगे

सोशल मीडिया और भारत के इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन आईएएमएआई ने आगामी आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की है फेसबुक व्हाट्सअप टवीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी मतदान के समाप्त होने के आखिरी अड़तालिस घंटों में किसी को भी राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया संगठनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी जमीन में पनप रहे जैश ए मोहम्मद और लश्करे ए तैयबा जैसे आतंकी गुटों पर ठोस और सार्थक कार्रवाई करें व्हाइट हाऊस में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि यदि पाकिस्तान ने आतंकी ग्टों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तथा भारत पर एक और आतंकी हमला हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद समस्या भरा होगा आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान की कार्रवाई संबंधी सवाल के जवाब में अधिकारी ने बताया कि क्छ शुरूआती कार्रवाई हुई है लेकिन अभी इसका पूरा आकलन करना जल्दबाजी होगी अमरीका ने कहा है कि यह चीन की जिम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान का बचाव नहीं करे उसका मानना है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान पर उसकी धरती पर फल फूल रहे आतंकियों पर कार्रवाई करने का दबाव डाला जा सके ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को रोकने के चीन के फैसले पर गंभीर निराशा व्यक्त की उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना चीन और अमरीका के साझा हित में है भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक होली का त्योहार कल प्रदेश भर में धार्मिक सद्भावना और उत्साह के साथ मनाया गया लोग सुबह से ही रंग अबीर और गुलाल लेकर घरो से निकल पड़े तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हए पर्व की बधाई दी नौजवानों की टोलियां पारम्परिक होली के गीत गाते हुए ढोल नगाडों के साथ निकलीं और जमकर होली खेली प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में होली कार्यक्रमों में हिस्सा लिया यहां ऐतिहासिक भगवान नरसिंह यात्रा जुलूस निकाला गया इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाईचारे का पर्व है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे जातिवाद छुआछूत भ्रष्टाचार और गंदगी से ऊपर उठकर ऐसे समाज का निर्माण करें जहां समता और भाईचारा हो उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हमें सिखाता है कि हम होलिका दहन में अपनी समी हताशाओं और बुराई को जला दें तथा सद्भाव और भाईचारा अपनाएं उन्होंने शहीदो को नमन करते हुए उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया और उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक ने राजभवन में होली मनाई और लोगों से उनके सुख समृद्वि की कामना की ब्रज तथा अव्य क्षेत्र में होली पर्व का विशेष उत्साह रहा समूचे ब्रज मण्डल में कल होली की धूम रही चारो ओर होली के गीत गाये गये और लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी मथुरा और वृन्दावन के मंदिरो में होली का विशेष उत्साह देखा गया बांके बिहारी जी मंदिर ठाक्र राधाबल्लम मंदिर राधारमण मंदिर निधिवनराज मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भारी संख्या में लोगों ने जमकर होती खेली इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी होती का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया यहां होली रंगभरी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाती है होली के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रदंध किए गये थे प्रदेश में कल कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली गयीं शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला गया बताया गया है कि वहां लगभग सौ वर्षो से इस जुलूस को निकालने की परम्परा है पीलीमीत बलरामपुर अमरोहा में धार्मिक सदभाव के साथ त्योहार मनाया गया वाराणसी में गंगा के घाटो पर विदेशी पर्यटकों द्वारा खेली गयी होली आकर्षक का केन्द्र रही यहां होली का लुत्फ उठाने के लिए विदेशी सैलानी कई दिन पहले से ही आना शुरू हो गये थे बुन्देलखण्ड में भी होली की धूम रही और वहां भी सद्भावनापूर्ण वातावरण पारम्परिक होली खेली गयी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र ने लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की है श्री मिश्र ने कल देवरिया मे कहा कि पार्टी संगठन के काम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यह फ़ैसला किया है श्री मिश्र ने कहा कि पार्टी ने उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया है इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र राज्य की संगठन सम्बन्धी ज़िम्मेदारी भी दी गयी है उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनाव न लड़ने के फ़ैसले से अवगत करा दिया है आबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स सिटी में विशेष ओलम्पिक्स खेलों के समापन समारोह में संगीत और नृत्य जगत के जाने माने कलाकारों ने कल रात अपनी प्रस्तुति दी हमारी संवाददाता ने बताया कि इन खेलों में भारत ने साढ़े तीन सौ से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा है जोश और जूनून ने इन स्पेशल एथलीट को बनाया हीरो

इन खेलों में एथलीटों का जोश सातवें आसमान पर था इन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको स्तब्ध कर दिया और इन एथलीटों का जोश देखकर दर्शकों की भी आंखें भर आई

कंचन प्रसाद आकाशवाणी समाचार आबूधाबी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहिब के दामाद और ख़लीफ़ा हज़रत अली का जन्मदिन कल श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर विशेष महफ़िलों और मकासिदों का आयोजन इमामबाड़ों और दरगाहों पर किया गया

इस अवसर पर प्राने लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसी क्रम में शहर स्थित शिया यतीमखाने में कल रात जश्न ए मौलूद ए काबा का आयोजन भी किया गया हज़रत अली का जन्म पन्द्रह सितम्बर छः सौ एक में हुआ था